आज राहतक रेवाड़ी और चंडीगढ़ से तीन श्रमिक रेलगाडिय़ां प्रवासी श्रमिकों का लेकर बिहार और उत्तरप्रदेश के लिए रवाना हई

दस लाभों का स्वस्थ हामे के बाद अस्पताल से छूटटी दी गई

परीक्षण की क्षमता के मददेनज़र राष्ट्रीयराण नियंत्रण केन्द्र एनसीआरसी के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समूह द्वारा सिफारिश की गई उच्च क्षमता वाली मशीन खरीदने का स्वीकृति दे दी गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र माद्री राजयों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बाद दामहर वीडिया कांफ्रेस के माध्यम से बातचीत करेंगे देश में लागू तालाबंदी के बाद यह इस तरह की पांचवी बैठक हागी

वह दिल का मरीज़ था और तीन वर्ष पहले उसे दिल का दौरा भी पड़ा था

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने सामीपत के खरखौदा में खराब की पेटिया गायब हामे के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी की गठन करने का ऐलान किया है उन्होंने कहा कि ये बह्त बड़ा मामला है उन्होंने विशेष जांच दल की अग्वाई के लिए मुख्यमंत्री का तीन वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों अशाक्र खेमका संजीव कौशल और टी सी ग्प्ता के नाम भेजे है और मुख्यमंत्री इनमें से किसी भी अधिकारी के नाम पर माहर लगा सकते है श्री विज ने कहा कि इसके अलावा अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक सभाष यादव और आबकारी व कर विभाग से विजय सिंह के नाम मुख्यमंत्री का दिये गये है

राहतक में हमारे सवाददाता ने बताया कि यात्रियों का गाड़ी के चलने से पहले मास्क व सैनेटाइज़र भी उपलब्ध करवाये गये और एक सामाजिक संस्था की ओर से उनके भाजन की व्यवस्था भी की गई इस मौके पर राहतक के उपायुक्त आर एस वर्मा भी मौजूद रहे

प्रवासी श्रमिकों क रेल में बैठाने से पहले चिकित्सकों की टीमों दवारा प्रत्येक श्रमिक की थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य जांच भी की गई रेलवे जंक्शन पर प्रशासन दवारा श्रमिकों काँ सैनेटाइज करने से लेकर श्रमिकों के खड़े हामे के स्थान पर शारीरिक दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा गया

वहां उनकी डाक्टरों की टीम दवारा स्वास्थ्य जांच भी की गई प्रशासन दवारा श्रमिकों से काई किराया नहीं लिया गया है रवाना हाज़े से पहले श्रमिकों का मास्क व खाने पीने का सामान भी दिया गया

केन्द्रीय केबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों ओर केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वासथ्य सचिवों के साथ एक वीडिया कांफ्रेस की श्री गौबा ने वंदे भारत कार्यक्रम के तहत विदेशों से भारतीयों के लौटने पर राज्यों के सहयाग का जायज़ा लिया उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि साढ़े तीन लाख प्रवासी मज़दरों का लकर रेलवे ने साढ़े तीन लाख विशेष श्रमिक रेलगाडियां चलाई है उन्होंने राज्य सरकारों से अन्राध किया कि और श्रमिक रेलगाड्डियां चलाने के लिए रेल विभाग का सहयाग दिया जाये केबिनेट सचिव ने इस बात पर भी ज़ात्र दिया कि डॉक्टरों नर्सो और पैरामेडिकल स्टाफ का आने जाने पर काई राक्र नहीं हामी चाहिए एवं कार्रामा याद्ववाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए

संत निरंकारी सत्संग भवन रायप्ररानी में एक रक्तदान शिविर का आयाजन किया गया

रक्तदान शिविर का आयाज़न पीजीआई चंडीगढ़ के सहयाग से किया गया